उच्चतम न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की उस याचिका की सुनवाई करने से इंकार कर दिया जिसमें चनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमितशाह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गयी थी लेकिन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोइ और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने याचिकाकता को निर्वाचन आयोग के विभिन्न आदेशों के खिलाफ नये सिरे से याचिका दायर करने की इजाजत दे दी है लोकसभा चुनाव के छठें चरण के लिये प्रदेश में प्रचार तेज हो गया है सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक विभिन्न स्थानों पर चुनावी रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पार्टी के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया योगी ने बूथ कार्यकर्ताओं से लोगों से घर घर सम्पर्क कर अधिक से अधिक मतदान सुनिश्चित करान की अपील की उधर आजमगढ़ में आज सपा बसपा रालोद की संयुक्त रैलो को बसपा प्रमुख मायावती सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद प्रमुख अजित सिंह ने संबोधित किया

उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि वह फूट करो और राज करो की नीति पर चल रही है मायावती ने कहा कि भाजपा सरकार में दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा की गई उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने पिछड़ों दलितों के साथ ही मुस्लिम और अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए संविधान में धर्मनिरपेक्षता को स्थान दिया था गठबंधन की संयुक्त रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की जनता से उन्हें भारी मतों से जिताने की अपील की उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे गठबंधन को महामिलावटी बता रहे हैं जबकि यह गठबंधन महापरिवर्तन लायेगा सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा चुनाव में किये गये अपने सभी वादों को भूल गई है देश में किसान बदहाल स्थिति में हैं नोटबंदी और जीएसटी से देश में बेरोजगारी बढ़ी है

रालोद प्रमुख अजित सिंह ने भी रैली को संबोधित किया उन्होंन कहा कि भाजपा के शासन काल में युवा रोजगार के लिये इधर से उधर भटक रहे हैं

उन्होंने कहा कि काग्रेस के कार्यकाल में गरीब और गरीब होते चले गये साथ ही भ्रष्टाचार और बढ़ गया हेमा मालिनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व में भारत और भारतीयों का मान सम्मान बढ़ाया जिससे विदेशों में भारतीयों की पहचान बढ़ी है उधर महराजगंज के नौतनवां में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने एक चुनावी सभा में कहा कि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही सभी गरीब परिवार की महिलाओं को छह हजार रूपये प्रतिमाह दिये जायेंगे उन्होंने जिले के विकास के लिये महराजगंज से कांग्रेस की योग्य व जुझारू प्रत्याशी सुप्रिया श्रीनेत को भारी मतों से जिताने की अपील की आज इसी जनसभा में बसपा के पूर्व प्रत्याशी रहे सदामोहन उपाध्याय ने अपने समर्थकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता गहण कर ली

प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिये जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दलों के नेता और प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने के लिये एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं वहीं प्रशासन भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये मतदाताओं को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास कर रहा है चन्दौली में आज मतदाताओं को जागरूक करने के लिये जिलाधिकारी ने एक बाईक रैली को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया इस दौरान लोगों को निष्पक्ष भयमुक्त एवं बिना किसी प्रलोभन के मतदान करने के लिये प्रेरित किया गया उधर प्रयागराज में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फील्ड आउटरीच ब्यूरो द्वारा मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदान प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया

कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने राफल विमान सौदे पर अपनी टिप्पणी के लिए उच्चतम न्यायालय का गलत ढंग से हवाला देने पर बिना शर्त माफी मांगी है कांग्रेस अध्यक्ष ने राफल मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए उनके खिलाफ टिप्पणी की थी तीन पृष्ठों के नये हलफनामे में कांग्रेस अध्यक्ष ने फिर कहा कि वे उच्चतम न्यायालय का सर्वाधिक सम्मान और आदर करते हैं उन्होंने भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मामले पर कार्रवाई बंद करने का आग्रह भी किया प्रदेश में अड़सठ हजार पांच सौ सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगाने की इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर स्टे लगाते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है न्यायाधीश रोहिंग्टन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर स्टे लगा दिया जिसमें मामले की चल रही सीबीआई जांच पर रोक लगा दी गई थी साथ ही पीठ ने इस मामले में प्रदेश सरकार को नाटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिये कहा है यह मामला प्रदेश के सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा दो हजार अट्ठारह से संबंधित है सरकार की ओर से प्राथमिक विद्यालय में अड़सठ हजार पांच सौ सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिये आवेदन मांगे गये थे इसके बाद परोक्षा में कथित तौर पर अनियमितताओं की बात सामने आई थी उच्चतम न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग को सोमा सुरक्षा बल से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव का नामांकन खारिज किये जाने की शिकायत की जांच करने को कहा है तेज बहादुर ने वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन रद्द किये जाने पर न्यायालय में शिकायत की थी प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्वाचन आयोग के वकील से कल तक इस बारे में जबाव देने को कहा है भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि कांग्रेस के पास कोई चूनावी मुद्दा नहीं है इसीलिए वह प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल कर रही है नई दिल्ली में संवाददाताओं के साथ बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार और सम्प्रादायिक राजनीति के लिए जानी जाती है

उधर कांग्रेस ने सरकार की उज्ज्वला योजना पर सवाल उठाये हैं जिसके तहत गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन मुफ्त दिये जाते हैं पार्टी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पांच वर्ष के कामों के बारे में नहीं बता रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि बताने लायक कुछ नहीं किया गया है आज रेडक्रास दिवस है पूरे विश्व में रेडक्रास द्वारा किये गये अच्छे कार्यो को उजागर करने के लिए हर वर्ष आज के दिन यह दिवस मनाया जाता है इसका उद्देश्य उन कार्यकर्ताओं के बलिदान को याद करना भी है जिन्होंने समय पर लोगों को अपनी सेवायें दीं यह दिन अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति के संस्थापक हेनरी ड्रनान्टे की जयंती के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है सर्दियों के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट ख्रलने के साथ ही उत्तराखंड में चार धाम यात्रा श्रू हो गई है